पांच मार्च को सुनाई जायेगी सजा

पश्चिम बंगाल में सताईस मार्च से उनतीस अप्रैल तक आठ चरणों में होंगे चुनाव

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पांच सौ से कम हुई और देश का पहला वचुर्अल खिलौना मेला कल से शुरू होगा

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में पांच मार्च को सजा सुनायी जायेगी गौरतलब है कि अगस्त दो हजार सोलह में जहरीली शराब पीने से उन्नीस लोगों की मृत्यु हो गयी थी सरकार ने इस चर्चित घटना कांड के बाद इक्कीस प्रलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था हालांकि बाद में पटना उच्च न्यायालय ने सभी पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल कर दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किया जा रहा है पुलिस सप्ताह के अवसर पर पटना स्थित मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि गड़बड़ी करने वाला कोई भी किसी का भी कितना करीबी क्यों न हो बच नहीं पायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को बेहतर तरीके से अमल में लाने के लिए अब श्वानदस्ता और उड़नदस्ता टीमों की मदद ली जायेगी

वहीं छब्बीस प्रतिशत कैंसर और पैंतालीस प्रतिशत लीवर संबंधी बीमारीयां शराब के कारण हो रही हैं निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरल और पुद्दचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है पश्चिम बंगाल में सताईस मार्च से उनतीस अप्रैल तक आठ चरणों में चुनाव कराए जाएंगे असम में सताईस मार्च पहली अप्रैल और छह अप्रैल को तीन चरणों में चुनाव होंगे तमिलनाडु केरल और केंद्रशासित प्रदेश पूद्दचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे इन तीनों जगहों पर छह अप्रैल को मतदान होगा

प्रदेश में अब तक छह लाख बाईस हजार एक सौ अंठावन लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं इनमें से पांच लाख सैंतालीस हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि पचहत्तर हजार एक सौ इकतालीस लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ से कम हो गयी है वर्तमान में चार सौ तीस मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक एक सौ छिहत्तर मरीज पटना के हैं वहीं अरवल जनाहाबाद शेखुपरा और सुपौल जिले में कोविड का एक भी मरीज नहीं है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार चार सौ तिरानवे हो गयी है इधर आज कोविड के छियालीस नये मामले दर्ज किये गये सबसे अधिक पटना से पन्द्रह पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों में इक्कीस जिलों से कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है केन्द्र सरकार पहली मार्च से साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाना शुरू करेगी पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है उन्हें भी इसी चरण में टीके दिये जायेंगे इस बार टीकाकरण में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है दस हजार सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की लागत लाभुकों को स्वयं वहन करनी होगी आकाशवाणी से बातचीत करते हुए एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सरकारी और निजी केन्द्रों पर टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया

सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मुफ्त लगाया जाएगा प्राइवेट जो केन्द्र हैं जहां पे लगेगा वहां पे इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा लेकिन वो सरकार तय कर रही है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च न आए और बहुत महंगा न हो जैसे कोविड टैस्टिंग के लिए कैप दिया गया था कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ और सामान्य श्रेणी के चिकित्सकों के छह हजार तीन सौ अड़तीस पद रिक्त हैं विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री पांडेय ने बताया कि रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए बिहार तकनीकी चयन आयोग को अनुरोध भेजा गया है उन्होंने कहा कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूरी कर चिकित्सकों की कमी दूर की जायेगी राज्य के विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों के बकाया मानदेय भ्रगतान की मांग को लेकर सीपीआई माले के सदस्यों ने आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा किया पार्टी विधायक महबूब आलम और अन्य सदस्यों ने इस मामले को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया इसके बाद पार्टी के सभी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचो बीच आ गये सीपीआई सदस्यों ने रसोईयों की सेवा को स्थायी करने और उन्हें न्यूनतम इक्कीस हजार रूपये वेतनमान देने की भी मांग की सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम ने ने कहा कि लॉकडाउन में इन रसोईयों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभायी लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है राज्य सरकार ने कहा है कि चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बहाली से संबंधित लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिये गये हैं गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में कहा कि चौकीदार सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं सेवाकाल में मृत्यू और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों पर अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों की नियुक्ति की जाती है भाजपा के नीतीश मिश्र के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किये गये हैं

यह दो मार्च तक चलेगा मेले में बिहार सहित देश भर से एक हजार एक सौ दस खिलौना बनाने वाले भाग लेंगे मेले को लेकर सोलह लाख चालीस हजार से अधिक लोगों ने दर्शक के रूप में पंजीकरण कराया है खिलौना निर्माता विशेषज्ञों और उद्यमियों को आशा है कि इससे घरेलू खिलौना मेले को आगे बढाने में काफी मदद मिलेगी आईआईटी पटना के डाक्टर सोमनाथ सारंगी ने बताया कि यह खिलौना मेला बाहर से आयात पर निर्भरता कम करेगा

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी होगी

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े कल पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर रहा है विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्र के एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि नियमावली बनने के बाद तत्काल नियुक्ति प्रकिया शुरू की जायेगी विधानसभा ने बिहार विनियोग विधेयक दो हजार इक्कीस को ध्वनिमत से पारित कर दिया उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि उन्नीस हजार तीन सौ सत्तर करोड़ रूपये की राशि का समेकित निधि से विनियोजन किया जाना है श्री प्रसाद ने कहा कि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए लगभग दो सौ उनहत्तर करोड़ सहकारिता विभाग के लिए पांच सौ सोलह करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए आठ सौ तेंतालीस करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध होगी सीतामढ़ी जिले में आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढोतरी के विरोध में स्थानीय व्यावसायियों ने आज सीतामढ़ी बाजार बंद कराया व्यावसायियों के आहवान पर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने महानंदा एक्सप्रेस समेत तीन स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन इकतीस मार्च तक के लिए रद्द कर दिया है कटिहार के अपर मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अलीपुरद्वार से दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस और कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन समेत तीन जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है झारखंड से भटकर आये पागल हाथी को पकड़ने का प्रयास जारी है हाथी अभी गया के वजीरगंज की तरफ देखा गया है कल इस हाथी ने नवादा जिले में चार लोगों को कुचलकर मार डाला था समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर कीरत गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से दो सौ बारह कार्टन शराब बरामद की है मौके से जम्मू कश्मीर के एक तस्कर समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तहरिया गांव से प्रलिस ने बयालीस कार्टन शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है इधर कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघ्रअसोई गांव में अगलगी की घटना में उन्नीस घर जलकर राख हो गये इस हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गयी जबकि कई मवेशी भी जल गये

पांच मार्च को सुनाई जायेगी सजा

पश्चिम बंगाल में सताईस मार्च से उनतीस अप्रैल तक आठ चरणों में होंगे चूनाव

राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पांच सौ से कम हुई और देश का पहला वचुर्अल खिलौना मेला कल से शुरू होगा